प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा किसानों और जवानों का जीवन बदलने का प्रयास कर रही है

श्री मोदी ने किसानों का धन्यवाद किया कि उन्होंने देश के लोगों का पेट भरा

हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन् अभिमन्यू ने कहा है कि उनके अधीन आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पार्टी के च्नावी घोषणा पत्र में किए गए छ के छ वायदे पिछले साढ़े तीन साल के कार्यकाल में पूरे किए गए है जिसमें व्यापारीयों के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन करना रासायनिक खाद व जिप्सम पर वैअ पांच प्रतिशत घटाकर शून्य करना छोटे ढाबों को कर म्क्त करना सी फार्म ऑन लाइन करना और समग्र आबकारी योजना लागू करना शामिल है कैप्टन अभिमन्यू ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

हरियाणा में वस्तु सेवा कर लागू होने के बाद हरियाणा का कर आधार बढ़ा है पिछले तीन महीनों में हरियाणा में ई वे बिलों के सुजन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है ये जानकारी कैप्टन अभिमन्यू ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन मे दी

जीएसटी की श्रूआत से पहले हरियाण में वैट केन्द्रीय श्ल्क और सेवा कर के तहत करदाता दो लाख पच्चीस हजार थे वहीं आज डीलरों की संख्या लगभग चार लाख दस हजार है उन्होंने बताया कि जीएसटी में डीलरों के अनिवार्य पंजीकरण की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर बीस लाख रूपये कर दी गई है

ये परिणाम व्यापारियों के सहयोग और विभाग के अधिकारियों की क्शलता को दर्शाता है उन्होंने कहा कि हरियाणा में वस्त् सेवा कार की श्रूआत काफी अच्छी रही है और भौगोलिक दृष्टि से छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा सबसे ज्यादा जीएसटी इकट्ठा करने वाला देश का पांचवां राज्य है हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने कहा कि पंजाब के म्ख्यमंत्री कैप्टन अमरिंद्र सिंह राजनीति छोड़कर हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा ट्राईसिटी के विकास के लिए दिए गए सुझावों पर विचार करें कैप्टन अभिमन्य् आज चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे पत्रकारों द्वारा कल हुई ट्राई सिटी के योजनागत ढांचागत विकास को लेकर ब्लाई गई पैनल चर्चा के संबंध में प्छे गए सवाल का जवाब देते हए कैप्टन अभिमन्य् ने कहा कि जैसे एनसीआर आज एक बड़े इकानॉमिक जॉन के रूप में विकसित है उसी प्रकार ट्राई सिटी अर्थात पंचक्ला चण्डीगढ एसएएस नगरमोहाली भी एक बड़ा इकानॉमिक जॉन बन सकता है जिससे पंजाब हरियाणा हिमाचल और चंडीगढ़ को भी फायदा होगा हाल ही में केंद्र सरकार दवारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को किसानों के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह स्रजेवाला दवारा धोखा बताये जाने पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कैप्टन अभिमन्य् ने कहा कि बेहतर होता कि रणदीप स्रजेवाला अपने ज्ञान का अनुभव हरियाणा विधानसभा में देते

म्ख्यमंत्री घोषणा के अन्रूप फतेहाबाद के गांव शक्करप्र बिजली घर को अपग्रेड कर दिया गया है अब इस गांव में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जायेगी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्भाष बराला ने इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों को कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए है